सत्र की शुरूआत राज्यपाल अनसुईया उइके के अभिभाषण से होगी

सत्र की शुरूआत राज्यपाल अनसुईया उइके के अभिभाषण से होगी इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा साथ ही एक सौ छब्बीसवें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसमर्थन के संकल्प पर चर्चा होगी इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा होगी सेना दिवस देशभर में आज बहत्तरवां सेना दिवस मनाया जा रहा है आज ही के दिन वर्ष उन्नीस सौ उनचास में देश के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल केएमकरियप्पा ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ एफ आरआर ब्रशर से सैन्य कमान अपने हाथों में ली थी इस अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत थलसेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित किये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेना दिवस के मौके पर भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों को बधाई और श्भकामनाएं दी है एनआईए एक्ट याचिका राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कानून को असंवैधानिक बताते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है सरकार की दलील है कि एनआईए एक्ट संवैधानिक व्यवस्थाओं के विपरीत है याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार अपनी रूचि के मामलों में ही एनआईए जांच की अनुशंसा करती है जबकि कानून के प्रावधानों के तहत दर्ज ऐसे ही कई मामले राज्य में चल रहे होते हैं यह एक्ट उस संघीय भावना के खिलाफ है जिसमें केंद्र और राज्य अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र माने जाते हैं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एनआईए एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर किए जाने को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में जबसे कांग्रेस की सरकार आई है वह संघीय ढांचे पर लगातार प्रहार कर संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना कर रही है सीबीआई को प्रदेश में प्रतिबंधित करने के अलावा परिवहन एक्ट सीएए और एनपीआर के मुद्दों पर भी राज्य सरकार राजनीतिक अमर्यादा का प्रदर्शन कर चुकी है उन्होंने कहा कि अब नक्सलियों समेत अन्य उन्मादी तत्वों के खिलाफ जांच में जुटी एनआईए को उसके काम से रोकने की प्रदेश सरकार की कोशिशें कई संदेहों को जन्म दे रही हैं हाईकोर्ट पंचायती राज अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम उन्नीस सौ तिरानवे को लेकर प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन और न्यायमूर्ति पीपी साहू की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की याचिका में वर्तमान में ग्राम जनपद और जिला पंचायत में पचास प्रतिशत की सीमा से अधिक सीटें आरक्षित किए जाने को विधि विरूद्व बताते हुए पंचायती राज अधिनियम की धारा तेरह सत्रह तेईस पच्चीस बत्तीस और एक सौ उनतीस ई को निरस्त किए जाने का आग्रह किया गया है इसके अलावा याचिका में पिछड़ा वर्ग आरक्षण में अल्पसंख्यक एसिड अटैक से प्रभावितों थर्ड जेंडर और एंग्लो इंडियन को राजनीतिक रूप से पिछड़ा मानते हुए चुनाव में आरक्षण का लाभ देने की मांग की गई है स्वास्थ्य मंत्री तम्बाकू प्रतिबंध स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में तम्बाक्युक्त गुटखा पान मसाला और गुड़ाखू पर प्रतिबंध लगाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के सचिव को पत्र लिखा है उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि प्रदेश में तम्बाक्युक्त गुटखा पान मसाला और गुड़ाख् की बाजार में अवैध बिक्री हो रही है इसे खाकर बड़ी संख्या में लोग दंत रोगों कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं शासन के स्वास्थ्य बजट पर भी इसका असर पड़ रहा है श्री सिंहदेव ने पत्र में लिखा है पान मसालों में अधिक मात्रा में मैग्नीशियम कॉर्बोनेट पाया गया है जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है इसलिए प्रदेश में इन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाना चाहिए बस्तर मलेरिया अभियान बस्तर को मलेरिया एनीमिया और कुपोषण से मुक्त करने आज से संभाग के सातों जिलों में मलेरियामुक्त बस्तर अभियान शुरू हुआ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घरों के साथ ही स्कूलों आश्रम छात्रावासों और पैरा मिलेट्री कैंपों में जाकर मलेरिया की जांच शुरू की एक माह तक चलने वाले इस महत्वाकांक्षी अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम पौने तीन लाख से अधिक घरों में पहुंचेगी और करीब चौदह लाख लोगों के खून की जांच की जाएगी प्रभावितों का तत्काल इलाज शुरू करने के बाद उनका फॉलो अप भी किया जाएगा तीन चरणों में संचालित किए जाने वाले इस अभियान का यह पहला चरण है

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली के किडनी रोग विशेषज्ञों डॉक्टर विजय खेर और डॉक्टर विवेकानंद झा के साथ विचार विमर्श के बाद अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि आन्ध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम में भी सुपेबेड़ा जैसे हालात हैं मुख्यमंत्री ने सुपेबेड़ा में किडनी प्रभावितों का इलाज कर रहे डॉक्टरों के दल को अध्ययन के लिए श्रीकाकुलम भेजने के निर्देश दिए गौरतलब है कि इन विशेषज्ञों ने कल सुपेबेड़ा पहुंचकर किडनी प्रभावितों की जांच की और उनका इलाज भी किया उन्होंने स्थानीय लोगों को किडनी रोग से बचाव के उपाय भी बताएं

इसके तहत आज कवर्धा में ड्राईविंग लाइसेंस बनाने के साथ ही प्रद्षण जांच शिविर का आयोजन किया गया वहीं कोरिया के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में एनसीसी और स्काउड गाईड्स के कैडेट्स के साथ ही एनएसएस के स्वयं सेवकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई शालेय क्रीडा प्रतियोगिता भिलाई में आयोजित पैंसठवीं राष्ट्रीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ ने ओवरऑल चैंपियन होने का गौरव हासिल किया है चार दिनों तक चली इस राष्ट्रीय स्पर्धा के तहत थ्रो बॉल कबड्डी और यांग मुंडो खेलों की अलग अलग आयु वर्ग में स्पर्धाएं हुईं मेजबान छत्तीसगढ़ ने यांग मुंडो के बालक और बालिका वर्ग के साथ ही थ्रो बॉल और कबड्डी स्पर्धा के अलग अलग वर्गों में जीत हासिल की है मकर संक्रांति सूर्य के दक्षिणायण से उत्तरायण होने का पर्व मकर संक्रांति आज देशभर में मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में सुबह से लोगों ने नदी और तालाबों में पुण्य स्नान किया

राजधानी रायपुर में खारून नदी के तट पर महादेवघाट में आज बड़ी संख्या में श्रद्दालु स्नान के लिए पहुंचे

मकर संक्रांति के मौके पर महासमुंद जिले के हथखोज में इस साल भी मेले का आयोजन किया गया

इस मौके पर रायपुर के अयप्पा मंदिर की अट्ठारह पवित्र सीढ़ियां भी लोगों के दर्शनार्थ खोली गई संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने डीएलएड प्रथम और डीएड द्वितीय वर्ष अवसर परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया है परीक्षा परिणाम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित कम्बाईण्ड डिफेन्स सर्विस परीक्षा आगामी दो फरवरी को तीन पालियों में आयोजित की जाएगी परीक्षा के लिए रायपुर में पांच केन्द्र बनाए गए हैं द्र्ग जिले के भिलाई में कल से राज्य स्तरीय गुरू घासीदास लोककला महोत्सव शुरू होने जा रहा है दो दिवसीय इस महोत्सव में आठ सौ से अधिक पंथी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बिलासपुर स्थित निवास मरवाही सदन में आज एक कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली दुर्ग में कुटम्ब न्यायालय के स्थानांतरण के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन आज भी जारी रहा

जांजगीर चांपा जिले के तेलई गांव में टैंकर की टक्कर से मोटर साइकिल सवार एक महिला और पुरूष

कबीरधाम जिले के पंडरिया में पुलिस ने संदिग्ध रूप से घूम रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है